मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री लोते छरिंग ने आज संयुक्त रूप से ई रूपे कार्ड के दूसरे चरण की शुरूआत की पिछले वर्ष अगस्त में प्रधानमंत्री मोदी की भूटान यात्रा के दौरान दोनों नेताओं ने परियोजना के पहले चरण की संयुक्त रूप से शुरुआत की थी पहले चरण की परियोजना पर अमल के बाद भारत से भूटान जाने वालों को एटोएम और पीओएस टर्मिनल के इस्तेमाल की सुविधा प्राप्त हुई है श्री मोदी ने कहा कि दूसरे चरण की परियोजना की शुरूआत से भूटान के नागरिकों को भारत में ये सूविधाएं मिलेंगी बाइट आज के बाद भूटान नेशनल बैंक द्वारा जारी किए गए रुपये कार्डस के कार्ड धारक भारत में एक लाख से अधिक एटीम और टवेंटी लाख से अधिक पॉइंट्स ऑफ सेल टर्मिनल की सुविधा उपयोग कर पाएंगे मुझे विश्वास है कि इससे भूटान के यात्रियों को भारत में शिक्षा स्वास्थ तीर्थ यात्रा या फिर पर्यटन में बहुत सहूलियत रहेगी इससे भूटान में डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ाने में भी मदद मिलेगी

उन्होंने कहा कि भारत और भूटान के बीच अनूठे संबंध समूची दुनिया के लिए एक मिसाल हैं

उन्होंने कहा कि भूटान की आवश्यकताएं पूरी करना भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल हैं भूटान के प्रधानमंत्री लोते छेरिंग ने कोविड महामारी से निपटने में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए आशा व्यक्त की कि भारत महामारी के बाद और मजबूत होकर उभरेगा उन्होंने कहा कि कोविड वैक्सीन विकसित करने में भारत की बढ़त सभी के लिए आशा की किरण है श्री छेरिंग ने वैक्सीन तैयार होने के बाद भूटान को इसे उपलब्ध कराने के आश्वासन पर प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया

उन्होंने लखनऊ कानपुर नगर मेरठ प्रयागराज गोरखपुर गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद जनपदों में विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता बताई उन्होंने कहा कि कोरोना के प्रसार को देखते हुए दिल्ली से लगे हुए प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरती जाये मुख्यमंत्री आज लखनऊ में कोरोना संक्रमण पर एक उच्चस्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे

मुख्यमंत्री ने कहा कि हाईरिस्क ग्रुप के कोरोना पॉजिटिव लोगों के लिये होम क्वारेंटीन व्यवस्था की अनूमति न दी जाये और उन्हें कोविड चिकित्सालयों में ही रखा जाये

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने संवाददाताओं को बताया कि आतंकवादियों की घुसपैठ और आतंकी गतिविधियों को बढावा देने के लिए हथियार उपलब्ध कराना निरंतर जारी है उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियां नियंत्रण रेखा पर तैनात पाकिस्तानी सेना के समर्थन के बिना संभव नहीं है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

छठ महापर्व आज प्रदेश के विभिन्न भागों में पारंपरिक उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है

राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छठ पर्व पर लोगों को बधाई देते हुए कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने की अपील की है बलिया जिले में सूर्योपासना का महापर्व छठ धूमधाम से मनाया जा रहा है हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट बलिया जिले में सूर्य उपासना का महापर्व छठ ध्रमधाम से मनाया जा रहा है गंगा घाघरा और टोंस नदियों सहित सभी जलाशयों के किनारे साफ सफाई कर घाटो को सजाया गया है भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन की कड़ी व्यवस्था की गई है

यह व्रत अपने पति पुत्र और परिवार कल्याण के लिये रखा जाता है आज श्रद्धालू छठ गीत गाते हुए पूजा सामग्री ठेकुआ नारियल अन्नानास अमरूद कंद गन्ना सहित उपलब्ध सभी मौसमी फल लेकर घाट पहुँचकर अर्घ्य अर्पित किया कल शनिवार को सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पूजा का समापन होगा विनय कुमार आकाशवाणी समाचार बलिया कुशीनगर में भी छठ पर्व श्रद्धा भक्ति और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है एक रिपोर्ट आदि देव भगवान सूर्य की आराधना का महापर्व छठ प्रकृति की आराधना का भी त्योहार है छठ प्रजा बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की कृषक सभ्यता का महापर्व है परिवार की खुशहाली और समृद्धि के लिए सूर्योपासना को समर्पित यह पर्व अब केवल पूर्वोत्तर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में मनाया जाने लगा है कुशीनगर जिले में सरोवरों तथा नदी किनारे बने छठ घाटों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है जिले के तुर्कपट्टी स्थित प्राचीन सूर्य मन्दिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी हुई है छठ महापर्व के कल चौथे दिन व्रती महिलाएं उगते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर अपना व्रत सम्पन्न करेंगी कई स्वयं सेवी संगठनों ने छठ घाटों पर श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रबन्ध किये हैं इस अवसर पर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम के साथ ही कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए श्रद्दालुओं से निर्धारित गाइड लाइन पालन करने का अनुरोध किया है विवेक पाण्डेय आकाशवाणी समाचार कुशीनगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी सर्दी को देखते हुए सभी रैन बसेरों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिये है उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी और जिला पुलिस प्रमुख तथा अन्य संबंधित अधिकारी क्षेत्र में यह सुनिश्चित करे कि कोई व्यक्ति खुले में न सोये

यह दुर्घटना प्रयागराज लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर देशराज इनारा के पास बीती रात लगभग साढ़े बारह बजे उस समय हुई जब एक तेज रफ्तार कार ट्रक से टकरा गई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना पर गहरा दुःख व्यक्त करते हुए मृतक के परिजनों को दो दो लाख रूपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं